विधि एवं विधायी कार्यमंत्री पीसी शर्मा ने इसका प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जिसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया अब इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा विधयेक के पारित होने के बाद विधानसभा का दो दिवसीय सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है अधिवक्ता परिषद चुनाव अधिवक्ताओं की राज्यस्तरीय संस्था राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए आज प्रदेष के सभी जिलों के न्यायालयीन परिसरों में चुनाव हो रहे हैं

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में राज्य अधिवक्ता के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं बड़वानी भिंड ग्वालियर जबलपुर सहित विभिन्न जिलो से मतदान की खबर मिली है

इंदौर के अभय प्रषाल में इंदौर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विवेक षर्मा के मुख्य आतिथ्य में समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रणजीत सिंह देवके ने आकाषवाणी को बताया कि समारोह में यातायात सुधार में योगदान देने वाले सभी गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा सप्ताह के दौरान हई वाद विवाद चित्रकला और प्रष्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यातायात नियमों की जानकारी देने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले में यातायात थाने द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये वहीं भोपाल में नियमों का उल्लघंन करने वालों से निबंध लिखवाए गए फिट इंडिया समाज के हर व्यक्ति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर उसके व्यवहार और शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कल प्रदेश में जिला और विकासखंड स्तर पर सायकिल रैली के आयोजन किये जायेंगे होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सायकल रैली में हिस्सा लेने सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया है उधर शिवपुरी और छतरपुर में भी कल सायकल रैली निकाली जायेगी

जिसमें कटे होठ व तालू वाले दस बच्चों का पंजीयन किया गया